स्वास्थ्य मंत्री अमित विज ने प्लिस को नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिये सख्त कदम उठाने के निर्देश दिये हा कल चंडीगढ़ में उन्होंने बताया कि प्लिस और प्रशासन को सख्ती एवं तत्परता से कार्रवाई करने को कहा गया है

रोपड़ की एसएसपी स्वप्न शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता दौरान यह जानकारी देते हये बताया कि अक्षय पहलवान के हरियाणा व राजस्थान के तीन खतरनाक गिराहों के साथ सम्बध थे और वह चंडीगढ़ और दिल्ली प्लिस को भी वांछित था

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कमीशनिंग मदर और सरोगेट मदर दोनों की मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया हण वित्त विभाग द्वारा इस सम्बध में सभी प्रशासनिक सचिवों विभागाध्यक्षों बोर्डो निगमों व विश्वविदयालयों के प्रमुखों सभी मंडल आय्क्तों उपाय्का व उप मडल अधिकारियों तथा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायायल के रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में कहा गया है कि यह निर्णय इस बारे दायर एक याचिका मे दिल्ली उच्च न्यायालय दवारा कमीशनिंग मदर को मातृत्व अवकास देने बारे दिये एक निर्णय के दृष्टिगत भारत सरकार के निर्णय के दृष्टिगत लिया गया है फ्र्सले के तहत कमीशनिंग मदर अर्थात जो महिला कर्मचारी गर्भ धारण करने हेत् किसी अन्य महिला की सेवायें लेती ह तथा सरोगेट मदर अर्थात व महिला कर्मचारी जो ऐसा करने के लिये अपनी कोख किराये पर देती ह दोनों ही नियामान्सार मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी हरियाणा के खेल एवं य्वा मामले मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि योग को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने और इसके सम्चित प्रचार प्रसार के लिए राज्य में योग आयोग का गठन किया जाएगा खेल मंत्री ने बताया कि इस संबंध में आज यह फसला मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न विभागों की बछक में लिया गया

उन्होंने कहा कि गत वर्षों की तरह इस बार भी राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में योग दिवस मनाया जाएगा इनमें राज्य के सभी मंत्रियों सांसदों तथा विधायकों की इयूटियां लगाई जाएगी जोकि विभिन्न हलकों में योग के कार्यक्रम में भाग लेंगे

उन्होंने कहा कि इससे पश्पालन के क्षेत्र में कई क्रांति आयेगी